सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को जीताने के पक्ष में झोंकी पूरी ताकत

ग्यारह अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार कार्य कल समाप्त हो जायेगा पहले चरण में लोकसभा की चार सीटों औरंगाबाद नवादा गया और जमुई में मतदान होगा नक्सल प्रभावित इन लोकसभा क्षेत्रों में स्वतंत्र निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं प्रशासन ने नक्सल विरोधी अभियान में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया है मतदान कोन्द्रों तक पोलिंग पार्टी को पहुंचाने और मतदान केन्द्रों पर उनकी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गयी है मतदान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दो हेलीकॉप्टर को तैनात रखा जायेगा इस बीच प्रशासन सघन तलाशी अभियान भी चला रहा है पहले चरण के तहत मतदान वाले लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार चरम पर है विभिन्न पार्टी के नेता अपने अपने दल और गठबंधन के उम्मीदवारों को जीताने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई भागलपुर और किशनगंज में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में आयोजित सभाओं में कहा कि केन्द्र सरकार ने सड़क और पुल निर्माण के लिए पचास हजार करोड़ रूपये की सहायता राज्य को उपलब्ध करायी है लोजपा प्रमुख और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने औरंगाबाद में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष मे आयोजित सभा को संबोधित करते हुये कहा कि यह गांव घर का नहीं बल्कि देश के नेतृत्व का चुनाव है जनता को मजबूत नेतृत्व के लिए एनडीए के पक्ष में मतदान करना चाहिए उमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केन्द्र और राज्य की एनडीए सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के बख्तियारपुर में कहा कि केन्द्र सरकार दियारा क्षेत्र के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने शेखपुरा और जमुई में आयोजित चुनावी सभा में महागठबंधन के उम्मीदवारों को जीताने की अपील की उन्होंने कहा कि केन्द्र की एनडीए सरकार आरक्षण को समाप्त करना चाहती है यह चुनाव आरक्षण बचाने का भी है राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर वोट मांग सकते हैं माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आरा में कहा कि केन्द्र सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा करने में विफल रही है निर्वाचन आयोग ने चूनाव प्रक्रिया के दौरान धन बल के इस्तेमाल रोकने वाली एजेंसियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रहने को कहा है आयोग ने राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रही सभी प्रवर्तन एजेंसियों को दिये अपने परामर्श में कहा है कि उनकी कार्रवाई प्री तरह तटस्थ निष्पक्ष और भेदभाव रहित होनी चाहिए राजस्व सचिव को एक पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान चुनाव के लिए अवैध धन के संदिग्ध इस्तेमाल के मामले में मुख्य चुनाव अधिकारी को जानकारी दी जानी चाहिए आयोग ने कहा कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन बल का इस्तेमाल स्वतंत्र निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव के समक्ष एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चूनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा कि घोषणा पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और देश का सर्वांगीण विकास प्राथमिकता होगी उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र ईमानदार सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता महिला सशक्तीकरण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित होगा श्री जेटली ने कहा कि घोषणा पत्र में आगामी पांच वर्षो में भाजपा की प्रतिबद्धता को भी उजागर किया जाएगा उधर लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुये कहा कि काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में जोड़ा जायेगा लोकसभा चूनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तिथि है इस चरण में तेईस अप्रैल को हो रहे चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद सत्तासी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाये गये थे जांच के दौरान झंझारपुर में सत्रह सुपौल में इक्कीस खगड़िया में बीस अररिया में चौदह और मधेपुरा में पंद्रह उम्मीदवारों का पर्चा सही पाया गया था जबकि अठाईस उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किये गये थे उधर चौथे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है इस चरण में नामांकन की अंतिम तिथि नौ अप्रैल है मैट्रिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए कम्पार्टमेंटल परीक्षा मई महीने में ली जायेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि कम्पार्टमेंटल परीक्षा के लिए ऑनलाईन फार्म ग्यारह से सोलह अप्रैल के बीच भरा जायेगा परीक्षा का परिणाम जून में जारी किया जायेगा बोर्ड सूत्रों ने बताया कि मैट्रिक परीक्षा में अधिकतम दो विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र ही कम्पार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं उधर बोर्ड ने कहा है कि मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए परीक्षार्थी कल से अठारह अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं छात्रों को इसके लिए प्रति विषय सत्तर रूपये का भुगतान करना होगा कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के लाली सिंहिया गांव से पुलिस ने तीन अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी के पास से दो देशी कट्टा कुछ कारतूस और दस मोबाइल फोन बरामद किये गये हैं श्वेत राज ने पटना में खेली गयी ऑपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सब जूनियर और जूनियर बालक एकल वर्ग का दोहरा खिताब जीत लिया है जबकि पुरूष एकल में पीयूष गांधी चैंपियन बने मधुबनी के राजनगर में खेली जा रही अंतर जिला हेमन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के एक मूकाबले में बेगूसराय ने सूपौल को पहली पारी में छत्तीस रनों पर ही समेट दिया बेगूसराय ने एक सौ छियालीस रन की बढ़त बना ली है चौंतीसवीं ऑल इंडिया सुखदेव नारायण इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी सोलह अप्रैल से पटना में शुरू होगी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज हवा और बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश स्थानों में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गयी है रविवार को पटना भागलपुर पूर्णियां मुजफ्फरपुर और सारण सहित कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गयी पिछले चौबीस घंटों में पटना में छह दशमलव आठ मिलीमीटर भागलपुर में दो दशमलव छह मिलीमीटर जबकि पूर्णियां में चौबीस दशमलव पांच मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है इसके कारण अधिकांश स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में औसतन दो डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज भी पटना समेत अधिकांश स्थानों पर आकाश में बादल छाये रहेंगे गया भागलपुर और पूर्णियां में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं इधर कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय तेज हवा और ओलावृष्टि के कारण आम और लीची की फसल को काफी नुकसान हुआ है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाते हुये लिखा है शिक्षा ऋण पर ब्याज माफ करेंगे इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को भी प्रमुखता मिली है जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस मध्यम वर्ग पर बोझ बढ़ाने की तैयारी में दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों से नौ करोड़ बरामद अखबार ने आयकर विभाग की कार्रवाई की तस्वीर भी छापी है इस खबर को अन्य अखबारों ने भी प्रमुखता दी है प्रभात खबर ने हवाई यात्रा से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हये लिखा है प्ररी रात विमान में बैठे रहे यात्री न फूड पैकेट दिया न चाय पानी दैनिक भास्कर की विशेष खबर का शीर्षक है तेलंगाना का दूसरा किसान विद्रोह एक सौ उनासी किसान लड़ रहे चुनाव

सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को जीताने के पक्ष में झोंकी पूरी ताकत